प्रधानमंत्री ने कल शाम नोवल कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच स्विधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई प्रधानमंत्री मोदी ने नोवल कोरोना वायरस के खतरे से निपटने के लिए कार्य प्रणाली तैयार करने में लोगों स्थानीय समुदायों और संगठनों को सक्रिय रूप से शामिल करने पर जोर दिया है उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि वे भावी उपायों पर विचार विमर्श करें कोरोना वायरस स्टेज रेलवे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ बलराम भार्गव ने कहा है कि देश में अब तक नोवल कोरोना वायरस के साम्दायिक संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉ भार्गव ने कहा कि सामूदायिक संक्रमण का पता लगाने के लिए अब तक की गई सभी जांच के परिणाम नकारात्मक आए हैं डॉ भार्गव ने कहा कि सामुदायिक संक्रमण की जांच और तेज की जा रही है

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन रेलगाडी के यात्रियों को व्यक्तिगत सुचना दी जा रही है ऐसे यात्रियों से रद्द किए जाने का कोई श्ल्क नहीं लिया जायेगा

आवश्यकता पड़ने पर कुमाऊं विकास निगम लिमिटेड और गढ़वाल विकास निगम लिमिटेड के गेस्ट हाऊस और स्टेडियम को अधिकृत किया जायेगा

इस धनराशि का उपयोग आवश्यकतान्सार किया जा सकता है

उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस पर म्ख्य सचिव हर रोज और म्ख्यमंत्री दो तीन दिन के अंतराल पर स्थिति की समीक्षा करेंगे कोरोना वायरस अल्मोडा अल्मोड़ा के विभिन्न बाजारों में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाया गया नगरपालिका और जिला रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा व्यापारियों को पम्फलेट और पोस्टर के माध्यम से जागरूक किया गया साथ ही लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई उधर रानीखेत में खाद्य स्रक्षा विभाग की टीम ने होटलों द्कानों और अन्य प्रतिष्ठानों में जागरूकता अभियान चलाया व्यापारियों को प्रतिष्ठानों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए साथ ही विदेशी पर्यटकों पर नजर रखने की हिदायत दी गई कमिश्नरी कार्यालय कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच नैनीताल कमिश्नरी कार्यालय का स्टाफ अपने घरों से शासकीय कार्यों का सम्पादन करेगा आवश्यकता पड़ने पर जरूरी शासकीय कार्यो के लिए कर्मचारियों को कमिश्नरी के अधिकारियों द्वारा कार्यालय ब्लाया जायेगा

सभी कार्मिक अपने आवास से कार्य करेंगे और फोन पर उपलब्ध रहेंगे इस बीच नैनीताल में परसों से होटलों में पर्यटकों को कमरे उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे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

का स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों से कहा है कि बड़ी सभाओं में हिस्सा लेने से बचें यदि किसी व्यक्ति को खांसी और ब्खार आने लगे तो अपने को अन्य लोगों से अलग कर लें आंख नाक और मूंह को बिना हाथ धोये स्पर्श न करें हांथों को बार बार साब्न और पानी से धोएं या अल्कोहल मिश्रित सैनेटाइजर से हाथ मलें खांसते और छींकते समय नाक और मूंह पर रूमाल अथवा टिश्यू पेपर रखना चाहिए ब्खार आने सांस लेने में कठिनाई होने और खांसी की स्थिति में तत्काल डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए चिकित्सक के पास जाते समय मास्क पहनें या मूंह और नाक को कपड़े से ढककर रखें

गंगा बंदी का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार के सामने रखा गया था जिसकी मंज्री मिल च्की है

वेब पोर्टल लॉन्च म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में पेयजल परियोजना के अन्तर्गत कार्यों की समीक्षा के लिए एनआईसी दवारा तैयार वेब पोर्टल को लांच किया इस ऑनलाइन पोर्टल से विश्व बैंक पोषित अर्द्वनगरीय पेयजल योजनाओं जल शक्ति मिशन अन्य पेयजल योजनाओं का अनुश्रवण और मुल्यांकन किया जायेगा इस पोर्टल के माध्यम से पेयजल योजनाओं की कार्य प्रगति डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट योजना के तहत लगाये गये एवं अवशेष कनेक्शनों की जानकारी भी प्राप्त होगी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये की पेयजल योजनाओं की प्रतिमाह मॉनिटरिंग कर प्रगति रिपोर्ट दी जाय मुख्य सचिव म्ख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य के नागरिकों से सहयोग की अपील की है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है राज्य सरकार द्वारा इस बीमारी से बचने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान निरन्तर चलाए जा रहे हैं उन्होंने जनसामान्य से भ्रामक प्रचारों और अफवाहों से बचने की भी अपील की है म्ख्य सचिव ने कहा कि पानी बिजली स्वास्थ्य सफाई जैसी आवश्यक सेवाएं सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही है खाद्यान्न तेल सब्जियां फल पेट्रोल डीजल समेत अन्य दैनिक आवश्यकता की सभी सामग्रियों की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी रखी जा रही है उन्होंने कहा कि इन सभी वस्त्ओं और सेवाओं की व्यवस्था भविष्य में भी स्निश्चित की जाएगी

खादय सचिव खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव स्शील क्मार ने कहा है कि प्रदेश में सभी पैट्रोल पम्पों गैस एजेन्सियों राजकीय अन्न भण्डारों और राशन की द्वकानों में साब्न हैण्डवाश और सैनेटाइजर रखवाया जाएगा साथ ही बार बार स्पर्श की गयी सभी सतहों जहां से संक्रमण का खतरा हो उनकी नियमित सफाई की जाएगी उन्होंने राजकीय खाद्यान्न गोदामों में परिवहन और लदान ढ्लान में लगे व्यक्तियों को भी आवश्यकतान्सार मास्क का प्रयोग करने के निर्देश दिये हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सचिव ने प्रदेश के सभी जिला पूर्ति अधिकारियों से कहा कि शासन स्तर से कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और निरन्तर समीक्षा की जा रही है

इसी क्रम में राज्य के सभी शहरी निकायों दवारा सार्वजनिक स्थलों यातायात साधनों बार बार छ्ई जाने वाली सतहों पर संक्रमण रोधी दवा का छिड़काव किया जा रहा है निकायों दवारा अतिरिक्त मानवश्रम लगाकर विषेश स्वच्छता अभियान संचालित किए जा रहे हैं